रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मेरीनेक में विमान में उड़ान भरी भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह में अपनी सत्तासवीं वर्षगांठ मनाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार समाज को एक साथ जोड़ता है कल शाम दिल्ली में आयोजित दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि त्योहार लोगों में उत्साह भरते हैं और सपने सजाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोग सामूहिक भावना की शक्ति को समझना चाहते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारत शक्ति साधना की भूमि है मां की उपासना करने वाला ये देश शक्ति साधना करने वाला ये देश धरती पर हर मां बेटी का सम्मान हर मां बेटी का गौरव हर मां बेटी की गरिमा इसका संकल्प शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष में लोगों से अन्न बर्बाद न करने ऊर्जा संरक्षण और पानी बचाने के लिए एक मिशन शुरू करने का भी आग्रह किया उन्होंने लोगों से इस मिशन को पूरा करने के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ब्राई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण का प्तला दहन किया प्रदेशभर में विजयादशमी का पर्व कल पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया गया जगह जगह रावण कुम्भकर्ण मेघनाद के पुतलो का दहन कर के लोगों ने बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का यह त्योहार मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर गोरखपुर के रामलीला मैदान पर मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का राजतिलक करने के बाद अपने सम्बोधन में कहा कि नैतिक और सामाजिक मुल्यों के प्रति मर्यादा प्रूषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन समी को सदमार्ग पर चलने और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है श्री योगी ने कहा कि दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गो की सहभागिता से सामाजिक समरसता मज़बूत होती है इससे पूर्व गोरखप्र में मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य विजय शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर परिसर से निकली अपने विशेष रथ पर पारम्परिक वेश भूषा में सवार मुख्यमंत्री के साथ मंदिर के संत पुजारी और हजारो लोगों की यह शोभायात्रा नगर के मानसरोवर मंदिर पहंची जहां श्री योगी ने भगवान शिव का पूजन किया यहां से शोभायात्रा रामलीला मैदान पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी द्वारा भगवान श्रीराम का राजतिलक करने बाद वापस मंदिर लौट आई रामप्र के रामलीला मैदान पर केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भगवान श्री राम का राजतिलक किया अयोध्या में विजयदशमी पर्व पर रामलीलाओं के मंचन की धूम रही वहीं वाराणसी में रावण के पुतलों का दहन किया गया लखनऊ कानपुर बस्ती महराजगंज देवरिया शाहजहांप्र बागपत और मेरठ सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा पर्व ध्मधाम से मनाया गया भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल फ्रांस के मेरीनेक में दसॉ एविऐशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया यह समारोह भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस और देश में विजयदशमी पर्व के दिन मनाया गया श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की और रफाल में उड़ान भरी इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि यह समारोह भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाई तक पहुंच गया है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन दो महत्वपूर्ण और बर्डे लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा ये विश्व की शांति समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते रहेंगे हमारी वायू सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायू सेना है मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कोवेट एयर क्राफ्ट हमको और मजबूत प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिरिचत करेगा रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल विमान उड़ाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है और यह एक रोमांचक अनुभव रहा उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जैक्स शिराक को श्रद्वांजलि अर्पित की और कहा कि वे वास्तव में वैश्विक राजनेता और भारत के सच्चे मित्र थे रक्षामंत्री ने कहा कि जैक्स शिराक ने भारत फ्रांस महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निमाई इससे पहले रक्षा मंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो से मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात बहुत सार्थक और सौहार्दपूर्ण रही दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्वता व्यक्त की श्री सिंह ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और मेक इन इंडिया मे सहयोग के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को धन्यवाद दिया भारतीय वायु सेना ने कल अपनी स्थापना की सत्तासी वीं वर्षगांठ मनाई इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा सतर्क है और हर कीमत पर देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्व है

सामरिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है वायुसेना मेक इन इंडिया के अनुरूप अत्याधनिक तकनीकी हार्डवेयर को देश में ही विकसित करने के लिए भी वचनबद्ध है इस मौके पर हिंडन वायुसेना केन्द्र पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग बाइसन विमान में उड़ान भरी बालाकोट सैन्य कार्रवाई के अन्य नायकों ने भी तीन मिराज दो हजार विमान और दो एसय् तीस एम के आई युद्वक विमानों में उड़ान भरी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर बघाई देते हुए कहा कि सेना अदम्य साहस का प्रतीक है इस अक्सर पर तीनों सेनाव्यक्ष कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए और सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध किया

कल जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा जहां संगव है वहां ठीक तरीके से पेड़ लगाना यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतो की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाये जाने का स्वागत किया है कल नागपुर में संगठन मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के कड़े उपायों से आतंकवाद की घटनाए कम हुई हैं उन्होंने लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि आरएसएस उन लोगों का समर्थन नहीं करता है जो संविधान विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं

राष्ट्रीय ई आकलन केन्द्र दिल्ली में स्थित हैंजबकि क्षेत्रीय केन्द्र मुन्बई चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद पुणे बेंगलूरू दिल्ली और हैदराबाद में खोले गये हैं इन केन्द्रों की स्थापना आयकर रिटर्न का ऑन लाईन आकलन करने के लिए किया गया है इसके शुरू हो जाने से करदाताओं को आयकर कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी